उन्होंने कहा कि सरकार न केवल किसानों को नए बाजार के अवसर प्रदान करना चाहती है बल्कि मंडी व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहती है प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नए कृषि सुधारों ने किसानों को नए विकल्प और नई कानूनी सुरक्षा दी है और अगर कोई पुरानी प्रणाली जारी रखना चाहता है तो वह भी उपलब्ध है प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कृषि सुधारों के बारे में विपक्ष द्वारा गलत सुचना फैलाई जा रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सरकार किसानों की सहायता कर रही है और उन्हें बीज सिंचाई सुविधा बाजार और बीमा कवर प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी

बैठक में कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सत्र का आयोजन करने या ना करने पर निर्णय लिया जाएगा दिशा निर्दे श प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देश आज से लागू हो जाएंगे

सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग न करने वाले लोगों पर एक हजार जुर्माना लगाने का फैसला लिया है सभी कार्यालयों में कर्मचारी अब पांच दिन ही कार्यालय आएंगे जबकि छठे दिन शनिवार को घर से काम करेंगे

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर अमर उजाला की सुर्खी है कैबिनेट बैठक आज शीत सत्र टालने पर हो सकता है फैसला दिव्य हिमाचल के शब्द हैं शीत सत्र पर फिर बना संशय जयराम सरकार ने आज अचानक बुलाई कैबिनेट बड़े फैसले की अटकलें हिमाचल दस्तक ने लिखा है कैबिनेट आज विधानसभा सत्र पर होगा फैसला आपका फैसला के अनुसार आज होगी हिमाचमल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक इसी समाचार पत्र ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रतिबंधों का उल्लंघन न करें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल के आईजीएमसी में कोविड वाडों का जायजा लेने संबंधी खबर पर दैनिक जागरण का शीर्षक है डेढ़ घंटे तक कोरोना मरीजों के बीच रहे स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल दस्तक ने लिखा है कोविड वार्ड में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री चार वार्डों में डेढ़ घंटे तक कोरोना मरीजों से की बातचीत अमर उजाला के शब्द हैं स्वास्थ्य मंत्री की अजीबोगरीब अपील ठीक हो चुके संक्रमित कोविड वार्ड में आकर बढ़ाएं मरीजों का हौसला दिव्य हिमाचल ने डॉक्टर राजीव सहजल के हवाले से सुर्खी दी है हिमाचल को फरवरी में मिलेगी कोरोना वैक्सीन सभी को दी जाएगी दो दो डोज पंजाब केसरी की एक खबर है कोरोना संकमण के बीच सरकार ने बुलाई डीसी एसपी की बैठक केंद्र व प्रदेश सरकार की बड़ी योजनाओं का लेकर भी होगी समीक्षा